लेकिन उप नगरीय रेलगाड़ियों के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है गैर वातानुकूलित और गैर उप नगरीय रेलगाड़ियों के किराये में प्रति किलोमीटर एक पैसे की बढ़ोतरी की गई है गैर वातानुकलित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में दो पैसे प्रति किलोमीटर और वातानुकूलित श्रेणी के किराये में चार पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है दैनिक यात्रा करने वाले मुसाफिरों को ध्यान में रखते हुए उप नगरीय खंडों के किराये और मासिक टिकट लेने वाले यात्रियों के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है मंत्रालय ने कहा है कि रेल डिब्बो के आध्निकीकरण और स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के जरिए यात्रा को सुखद बनाने का लगातार प्रयास किया गया है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार के लिए किराये में मामूली बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था जिसके लिए यात्रियों पर कोई बड़ा बोझ डाले बिना किराये में मामूली बढ़ोतरी की गई है शताब्दी राजधानी और दुरंतो श्रेणी की विशेष रेलगाड़ियों में भी किराये में बढ़ोतरी लागू होगी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की डेल्टा सूची जारी की है जिसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को पहला स्थान मिला है वहीं स्वास्थ्य और पोषण के मामले में इस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है इसी प्रकार वित्तीय समावेश और कौशल विकास में जिले को पांचवां तथा आधारभूत संरचना में आठवां स्थान मिला है गौरतलब है कि छह वर्गों के उनचास मानक बिंदुओं पर नीति आयोग ने देश के एक सौ पंद्रह जिलों की रैंकिंग जारी की है आयोग द्वारा विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के सर्वाधिक सुधार वाले आकांक्षी जिलों की नवंबर दो हजार उन्नीस की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है ओपन स्कूल परीक्षा समय सारिणी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राज्य ओपन स्कूल द्वारा वर्ष दो हजार बीस में आयोजित की जाने वाली दसवीं और बारहवीं मुख्य परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है बारहवीं की परीक्षा सत्ताईस मार्च से शुरू होकर सत्ताईस अप्रैल तक चलेगी वहीं दसवीं की परीक्षा अट्ठाईस मार्च से शुरू होगी जो पच्चीस अप्रैल तक चलेगी परीक्षा का समय सुबह आठ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक निर्धारित किया गया है मंडल द्वारा घोषित दोनों परीक्षाओं की समय सारिणी कार्यालय की वेबसाइट सीजीएसओएस डॉट सी ओ डॉट आई इन पर भी देखी जा सकती है शिवनाथ नदी नौका विहार दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से नौका विहार शुरू किया गया है इसके लिए स्पीड बोट और परंपरागत् नाव का सहारा लिया जा रहा है

इसके तहत नदी से लगे क्षेत्रों में उद्यान बनाए जाएंगे इसके अलावा पार्किंग और होटल की व्यवस्था भी की जाएगी नया जिला प्रदेश का अट्ठाईसवां जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दस फरवरी से अस्तित्व में आ जाएगा इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में बीते तीस दिसंबर को अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है नया जिला पेण्ड्रा रोड मरवाही और पेण्ड्रा तहसील को मिलाकर बनाया गया है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते पंद्रह अगस्त को रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर बिलासपुर जिले के गौरेला पेण्ड्रा मरवाही को प्रदेश का अट्ठाईसवां जिला बनाने की घोषणा की थी श्रमिक योजना प्रदेश में श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना शुरू की जाएगी इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार को एक लाख रूपये और दिव्यांग होने पर पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी इस योजना में अट्ठारह से साठ वर्ष की आयु वर्ग के निर्माण और असंगठित श्रमिकों को लाभ मिलेगा नशीले पदार्थो के सेवन एक दूसरे से मारपीट और आत्महत्या में हुई मौतों जैसे मामलों में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नववर्ष और नए दशक के आगमन पर हम सब शांतिपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में लोगों का आह्वान किया कि वे दयालू करुणामय तथा संवदेनशील मानव बनने का संकल्प लें उन्होंने देशवासियों से कहा कि पूरे विश्व की प्रसन्नता खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में आशा व्यक्त की कि यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरपूर होगा उन्होंने सभी के स्वस्थ रहने और सबकी सभी इच्छाएं पूरी होने की कामना की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश की जनता को नये वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

आधिकारिक जानकारी के अनुसार दस और चौबीस जनवरी को डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू बिलासपुर रायपुर मेमू और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू रद्द रहेगी वहीं ग्यारह और पच्चीस जनवरी को डोंगरगढ़ रायपुर मेमू रद्द रहेगी इसके अलावा दस और चौबीस जनवरी को रायपुर से छूटने वाली रायपुर डोंगरगढ़ मेमू दुर्ग तक ही चलेगी वहीं ग्यारह और पच्चीस जनवरी को गोंदिया रायपुर मेमू भी दुर्ग तक ही चलेगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा से उत्तरी ओडिशा तक हवा में बने चक्रवात की वजह से सरगुजा संभाग के कोरिया सूरजपुर सहित कई हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम बारिश हुई इसके चलते इन इलाकों में ठंड और बढ़ गई है वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई भागों में आज दिनभर बादल छाए रहे तापमान कम होने और ठंडी हवाओं के चलने की वजह से दिनभर लोग गर्म कपड़ों में नजर आए मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आयोजित होने वाले बैगा ओलंपिक में भाग लेने छत्तीसगढ़ से प्रतियोगियों का दल रवाना हो गया है तीन दिवसीय प्रतियोगिता में सोलह विभिन्न प्रकार के खेलकूद शामिल किए गए हैं महासमुंद जिले में आज से कुष्ठ जांच अभियान की शुरूआत हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संभावित क्ष्ठ रोगियों की जांच कर रही है